बिक्रम सिंह उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर क्षेत्र व हर वर्ग के विकास के लिए कृतसंकल्प है कांगड़ा ज़िला के जसवां परागपुर क्षेत्र में बढाल से धीमान बस्ती तक बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने ये बात कही बिक्रम ठाकुर ने सड़क का निर्माण कार्य गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए

सुरेश कश्यप सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को समयबद्व प्ररा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं आज शिमला में ज़िला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने योजनाओं के कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा सुरेश कश्यप ने सर्दियों में शिमला ज़िले में बर्फबारी के दौरान बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के संबंध में प्रबंध करने को भी कहा उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए विभाग कार्य करें ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके

जागरुकता अभियान भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिये शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में मोबाइल वैन के माध्यम से पांच दिवसीय जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने आज शिमला से इस जागरूकता मोबाईल वैन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए तीन नियमों का पालन करने की अपील की